उन्होंने कहा कि प्र्यानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया कानप्र में आयुर्वेद पर्व पर आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन का आज उद्घाटन करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयूर्वेद से जूड़े विशेषज्ञों को अपने संकोच को छोड़ कर आयूर्वेदिक पद्वति से उपचार करना चाहिये उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के वास्तविक मर्म को आम जन तक पहुंचाया जाना जरूरी है उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने के लिये आयुर्वेद से जुड़ी जड़ी बूटियों और पौषों की खेती को प्रोत्साहन देने पर बल दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने आयूर्वेद के क्षेत्र में प्रामाणिकता के साथ कार्य किया है हम उनको मंच देंगे श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में जितने भी एलोपैथ कॉलेज है उनके लिये एक अलग से चिकित्सा विश्वविद्यालय स्वर्गीय अटल विहारी वाजपेई के नाम से लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के लिये भी विश्वविद्यालय बनाने के लिये कार्य योजना बनाई गई है इस अवसर पर केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाईक ने कहा कि आयुर्वेद की मांग बढ़ने के कारण इसकी महत्ता बढ़ी है उन्होंने कहा कि आयर्वेद द्वारा जीवन शैली जनित रोग दूर किये जा सकते हैं और स्वास्थ्य जागरूकता लाई जा सकती है

वे आज सुबह मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई की रोजगार और आजीविका कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से बीते वर्षो में हमने स्कूल और कॉलेजों की डिप्रियों और प्रमाण पत्रों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया और व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया

वे कल नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे श्री तोमर ने कहा कि इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि महिलाओं को सेना में चरणबद्व तरीके से शामिल किया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में बीस प्रतिशत महिलाएं होंगी उन्होंने कहा कि सेना प्लिस में महिलाओं को शामिल करने का फैसला सशस्त्र सेनाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेशों के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश भेज भी सकते हैं